मुख्यमंत्री ने आज टिहरी में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत हो रहे निर्माण कार्यो का निरीक्षण किया उन्होंने परियोजना के कार्यों की अच्छी प्रगति पर संतोष व्यक्त किया मुख्यमंत्री ने बताया कि इस रेल लाइन पर हाई टेक्नोलॉजी की मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है

इसका उदेश्य संसदीय पद्धति और प्रक्रियाओं की बारीकियों का गहराई से मंथन करना है

उत्तराखंड को पहली बार इस सम्मेलन की मेजबानी का मौका मिला है विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि सम्मेलन के दौरान अतिथियों को उत्तराखंड की संस्कृति से परिचित कराया जाएगा

प्लास्टिक बैंक देहरादून में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान और एक निजी संस्था की ओर से प्लास्टिक बैंक की स्थापना की गई है यह प्लास्टिक बैंक भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान में खोला गया है इससे पहले पांच अलग अलग संस्थानों में भी प्लास्टिक बैंक की स्थापना की जा चुकी है इन प्लास्टिक बैंकों में जमा होने वाला प्लास्टिक भारतीय पेट्रोलियम संस्थान को दिया जाता है जहां इसका इस्तेमाल डीजल बनाने में किया जाता है भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान के निदेशक डॉ ओजस्वी ने इस पहल को प्लास्टिक मुक्ति के लिए बेहतर कदम बताया उन्होंने कहा कि संस्थान और आवासीय परिसर से हर रोज काफी मात्रा में प्लास्टिक कचरा पैदा होता है अब यह सारा कचरा प्लास्टिक बैंक में जमा किया जाएगा वहीं भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के डॉ सनत ने कहा कि यदि पूरे देश में प्लास्टिक कचरे को इकट्टा कर डीजल बनाने के छोटे छोटे प्लांट लगाये जाएं तो डीजल के आयात में कमी लाई जा सकती है जल क्रीडा रुद्रप्रयाग जिले के ग्राम पपडासू के निकट अलकनंदा नदी पर बैक यॉटर पर मोटराइज्ड बोट और जल क्रीड़ाओं से सम्बन्धित गतिविधियों का संचालन किया जाएगा जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल की अध्यक्षता में साहसिक गतिविधि संचालन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया समिति द्वारा बोट संचालन का क्षेत्र पपडासू से मल्यासू ग्राम तक निर्धारित किया गया है जिसमें पर्यटकों को विलेज टूरिज्म होम स्टे ट्ररिज्म ट्रैकिंग आदि गतिविधियों से रूबरू कराया जाएगा पर्यटकों के लिए बोट राइड की दरें भी निर्धारित की गई जिला पयर्टन एवं साहसिक खेल अधिकारी सुशील नौटियाल ने बताया कि बैक वॉटर जलाशय में बोट संचालन के लिए नेशनलन इंस्टीट्यूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट्स से लाइव सेविंग तकनीक पावर बोट हैंडलिंग के लाइसेंस धारक जिला पर्यटन कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है

मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राज्य के मैदानी हिस्सों खासकर हरिद्वार और उधमसिंह नगर में मध्यम से घना कोहरा छाने का अलर्ट जारी किया है

एनएच के सारे रूट डायवर्ट किए गए हैं

यह मार्ग बंद होने से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वाहन चालकों ने किराया बढ़ा दिया है और अब सब्जी के साथ खाद्यय पदार्थो के रेट भी बढ़ गए हैं वहीं आज भी इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के कारण भारी मलबा आ गया जिससे कटिंग कार्य में लगी कम्पनी मलबा हटाने का कार्य नहीं कर पायी कार्यशाला सीएम मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में उद्योगों के अनुकल वातावरण बनाये जाने के साथ ही श्रमिकों की समस्याओं का भी तत्परता से समाधान हो इसके भी प्रयास किये जा रहे हैं देहरादून में श्रम कानूनों और अग्नि सुरक्षा प्रावधानों में सुधार से सम्बन्धित कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में स्वस्थ औद्योगिक वातावरण के सुजन के लिए समेकित प्रयासों के साथ ही ईमानदारी पारदर्शिता और परस्पर विश्वास की भावना से कार्य करने पर बल दिया है उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन खाद्य प्रसंस्करण के साथ ही सौर उर्जा के क्षेत्र में संभावनाओं का जिक्र करते हुए उद्यमियों से पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना पर भी ध्यान देने को कहा

ये योजनायें स्थानीय लोगों की आपसी सहमति से ज्वाइंट वेंचर में भी स्थापित की जा सकती है उन्होंने बताया कि ग्रामीण आर्थिकी की मजबूती के लिये प्रदेश की न्याय पंचायत स्तर पर ग्रोथ सेंटरों की स्थापना की जा रही है

पिथौरागढ़ उपलब्धि पिथौरागढ़ जिले को मनरेगा योजना के सफल संचालन और क्रियान्वयन में देश में पहला स्थान मिला है

जिले को ये पुरस्कार मनरेगा के कार्यो का प्रभावी संचालन जिओ टैगिंग और समय से मजदूरों का भुगतान करने के लिए दिए गये है मनरेगा के तहत जिले के मूनाकोट ब्लॉक को अव्वल दर्जा भी हासिल हुआ है

अल्मोड़ा में जिला सतर्कता समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बैठक में उन्होंने जनपद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सभी खाद्यान्न समय से उपभोक्ताओं को वितरित करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये उन्होंने वितरित होने वाली खाद्यान्न सामग्री स्कूलों में मध्याह्न भोजन और आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों और महिलाओं को वितरण किए जाने वाले पोषाहार की मॉनीटरिंग समय समय पर अनिवार्य रूप से करने के भी निर्देश दिये

फाउंडेशन की स्वायत्तशासी निकाय की मीटिंग में यह फैसला लिया गया इस दायरे में दैनिक वनकर्मियों को भी शामिल किया गया है